राज्य में विभिन्न सड़क हादसों में सात लोगों की मौत

निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोर्गो ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने बताया कि हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा उन्होंने कहा कि भारत में व्यापक और बड़े पैमाने पर चुनाव करवाएं जाते हैं

मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे आठ हजार उनचास उम्मीदवारों का भाग्य वोटिंग मशीनों में बंद हो गया

भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह आदर्श आचार संहिता की समय सीमा समाप्त होने तक पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात रहने का निर्देश दे पार्टी ने चिंता व्यक्त की है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मतदान समाप्त होने के बाद मतदाताओं को निशाना बना सकती है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है भाजपा नेता और पार्टी के प्रदेश निर्वाचन प्रबंधन प्रमुख जे पी एस राठौड़ ने बताया कि दोनों नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्वीट किए थे उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है आयोग को भेजे पत्र में पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि पिछले दो दिन से सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया टेलीविजन मोदी की इस यात्रा को दिखा रहे हैं जो पूरी तरह अनैतिक और गलत है दौसा में मतगणना अधिकारियों और कार्मिकों का प्रशिक्षण आज से आयोजित किया जायेगा

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा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

ड्रंगरपुर जिले में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है

राज्य में कल वन्यजीवों की गणना का काम संपन्न होने के साथ ही वन्य जीव प्रेमी ताजे आंकडों की उम्मीद करने लगे है वन विभाग ने जल्दी ही ताजे आंकडे जारी करने का आश्वासन दिया है

यह गणना वॉटर होल्स पद्धति के जरिए की गई

प्रदेश में अलग अलग सडक हादसों में सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये च्रू जिले के सार्दलपुर में राजगढ हिसार हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई

बीकानेर के छतरगढ़ में कल इंदिरा गांधी नहर में एक पिकअप के गिरने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहंची और ग्रामीणों की मदद से गाडी को नहर से बाहर निकाला दोनो युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया सीकर के कटराथल गांव के पास ट्रेक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई उधर झंझन् के खेतड़ी में कल एक मोटर साइकिल के कार से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक किशोर घायल हो गया पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है च्रू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को जालूपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हए एक मार्च से चलाये गये वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के राज्यव्यापी अभियान में अब तक पांच हजार चार सौ पचास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जयपुर में चल रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आज अंतिम दिन है मेले में बडी संख्या में लोगों ने देशभर के मसालों और उत्पादों की खरीद की मेले में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पादों को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया जयपुर में चल रही राज्यस्तरीय दृष्टिबाधित किकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज खेला जायेगा इसमें जयपुर पिंक और अजमेर ग्रीन के बीच टक्कर होगी